मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए महानिदेशालय ने कहा कि यात्रियों के लिए कोविड नियमों का कडाई से पालन करना जरूरी है यह देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग कोविड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग उचित ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं और प्रवेश द्वारों पर परस्पर सुरक्षित दूरी को मानक का भी पालन नहीं हो रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या अन्य पुलिसकर्मियों को हवाई अड्डों के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बिना मास्क के कोई यात्री अंदर नहीं जाने पाए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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण के लिए आज अंतिम दिन है इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो छात्रों के लिए तनावमुक्त वातावरण का सूजन करता है

अम्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये है

जैसलमेर के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार दपु खान मिरासी का कल निधन हो गया दपु खान झणकली गांव के मूल निवासी थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दपु खान के निधन पर संवेदनाए व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मूमल गीत के लिए व्याख्यात लोकवाद्य कमायचा के माहिर दपु खान ने अपने हुनर से प्रदेश के लोक संगीत को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई

पिछले साल कोविंड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी हालांकि इस वर्ष भी कृछ राज्यों में कोविड संकमण के मामले बढने की खबरें हैं इसलिए यात्रा के दौरान कोविड के मानकों का कडाई से पालन कराया जाएगा

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा

पांच मैचो की इस श्रृंखला में इंग्लैंड एक शून्य से आगे है इघर महिला क्रिकेट में पांच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में भारत और दक्षिण अफ्रिका के बीच आज चौथा मुकाबला हो रहा है